मुख्यमंत्री ने कांग्रेस द्वारा लगाये गये आरोपो का किया खंडन कहा भ्रष्टाचार को कतई नही किया जाएगा सहन प्रदेश मंत्रिमंडल ने छठें राज्य वित्त आयोग के गठन को दी मंजूरी और मौसम विभाग ने आगामी दो दिनों के दौरान प्रदेश के निचले व मध्यम क्षेत्रों में कहीं कहीं ओलावृष्टि वर्षा और तेज हवाएं चलने की दी चेतावनी

शिमला में आज एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने कहा कि सरकार ने लोगो के आग्रह और अपनी नैतिक जिम्मेदारी को समझते हुए अन्य राज्यों में फंसे विद्यार्थियों सहित अन्य लोगों को उनके घर पहंचाया है मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि प्रदेश में कोरोना के मामले बढ़ने का कारण बाहरी राज्यों से लाए गए अपने लोग हैं

उन्होंने कहा कि एक गुमनाम पत्र के नाम पर विपक्ष सरकार को बेवजह बदनाम करने का प्रयास कर रहा है मुख्यमंत्री ने कहा कि इस गुमनाम पत्र के खिलाफ जांच के लिए एफआईआर और मानहानी व आपराधिक मामला दर्ज करने का फैसला लिया है मंत्रिमंडल प्रदेश मंत्रिमंडल ने छठे राज्य वित्त आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है ये आयोग पंचायतों और स्थानीय शहरी निकायों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा करेगा

मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य नागरिक आपूर्ति निगम के माध्यम से पहली तीसरी छठी और नवीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए अटल स्कूल वर्दी योजना के तहत स्कूल बैग की खरीद आपूर्ति और वितरण को भी मंजूरी दी गई

मंत्रिमंडल ने मंडी जिले के थुनाग में रेश्म बीज उत्पादन केंद्र और सुलह विधानसभा क्षेत्र में राजकीय बहुतकनीकी संस्थान खोलने को भी मंजूरी दी है अनुराग ठाकुर केंद्रीय वित्त व कॉरपोरेट मामले राज्य मंत्री अनुराग ठाक्र ने कहा है कि किसानों की आय दोग्ना करने के लिए केंद्र सरकार ने प्रभावी नीतियों का क्रियान्वयन किया है उन्होंने कहा कि सरकार ने किसानों से जुड़े दो नए अध्यादेशों को मंजूरी सहित एक अध्यादेश में संशोधन की मंजूरी दी है सरकार के इस फैसले से किसानों को उत्पाद की अच्छी कीमत मिल पाएगी

उन्होंने कहा कि किसानों को जैविक और हर्बल खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है

आज कांगड़ा मंडी और कुल्लू जिले में नए मामले सामने आए है

इसी तरह मंडी जिले में आए तीन मामलों में संक्रमित लोग मध्यप्रदेश महाराष्ट्र और राजस्थान से वापिस लौटे हैं कुल्लू में एक महिला में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है और मिली जानकारी के अनुसार इस महिला की प्रदेश से बाहर की कोई ट्रेवल हिस्ट्री नहीं है बधाई राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने एक स्वतंत्र एजेंसी के सर्वे में देश में बेस्ट परफॉर्मिंग मुख्यमंत्री बनने पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को बधाई दी है उन्होंने कहा कि ये प्रदेश के लिए एक गर्व की बात है राज्यपाल ने उम्मीद जताई कि मुख्यमंत्री भविष्य में भी इसी तरह उत्साह और लगन से कार्य करेंगे और हिमाचल विकास के नए आयाम स्थापित करेगा गोविंद ठाकुर वन मंत्री गोविंद ठाकुर ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के नेतृत्व में राज्य सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है और ऐसे मामलों पर त्वरित कार्रवाई की गई है एक बयान में उन्होंने कहा कि कांग्रेस द्वारा मुख्यमंत्री की नीति और नियत पर संदेह करना तथ्यहीन और तर्कहीन है उन्होंने कहा कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में हार और कोरोना संकट के बीच अनाप शनाप ब्यानबाजी कर कांग्रेस लोगों के बीच अपना विश्वास खो बैठी है हुंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने आज चंबा में एक बैठक में कोरोना महामारी की स्थिति की समीक्षा की उन्होंने कहा कि राज्य सरकार द्वारा सही समय पर लिए गए सही निर्णयों से आज देश के अन्य राज्यों की तुलना में हिमाचल प्रदेश बेहद सुरक्षित हैं उन्होने बताया कि चंबा मैडिकल कॉलेज के भवन का निर्माण जल्द शुरू किया जाएगा ज्ञापन स्वास्थ्य विभाग में हए कथित घोटाले के मुददे पर प्रदेश कांग्रेस ने आज शिमला में राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को एक ज्ञापन सौंपा पार्टी अध्यक्ष कुलदीप राठौर के नेतृत्व में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री सहित अन्य नेताओं ने राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मामले में स्वास्थ्य उपकरणों की खरीद पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की उन्होंने कहा कि संकट की इस घड़ी में इस मामले से प्रदेश शर्मसार हुआ है और इसकी निष्पक्ष जांच होना जरूरी है वहीं माकपा ने भी जनता के समक्ष सच्चाई लाने के लिए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है अजय शर्मा भाजपा के वरिष्ठ नेता व एपीएमसी अध्यक्ष अजय शर्मा ने कहा है कि प्रदेश सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ काम कर रही है उन्होंने कहा कि सरकार ने वेंटीलेटर खरीद में पूरी पारदर्शिता बरती है और कोई कोताही नहीं हुई है अजय शर्मा ने कांग्रेस विधायक राजेन्द्र राणा द्वारा भी सरकार पर लगाए जा रहे भ्रष्टाचार के आरोपों को मनघढ़त करार दिया है मौसम प्रदेश में लोगों को फिलहाल वर्षा व ओलावृष्टि से राहत मिलने वाली नही है मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राज्य के निचले व मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर गरज के साथ वर्षा और उच्च पर्वतीय इलाकों में हिमपात की संभावना जताई है

इस बीच पिछले कुछ दिनों से हो रही ओलावृष्टि से ऊपरी क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर सेब सहित अन्य फलदार पौधों को भी नुकसान हुआ है हालांकि निचले इलाकों में वर्षा फसल बीजाई के लिए लाभदायक मानी जा रही है डीसी सोलन प्रदेश में बाहरी राज्यों से आने वाले लोगों की जांच के लिए परवाणू और बद्दी में स्थापित चैक पोस्ट क्रियाशील रहेंगे सोलन के उपायुक्त केसी चमन ने बताया कि भविष्य में भी बाहरी राज्यों से होने वाला आवागमन प्रवेश पत्र और अनुमति पत्र के माध्यम से ही सुनिश्चित बनाया जाएगा रक्तदान कोरोना संकट के बीच अस्पतालों में रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रोटरी क्लब ने सोलन में रक्तदान शिविर लगाया रोटरी क्लब के अध्यक्ष मनीष तोमर ने कहा कि ये शिविर पीड़ित मानवता की सेवा के उद्देश्य से लगाया गया है